पाली जिले की तखतगढ़ नगरपालिका से भाजपा के ललित रांकावत और जैतारण नगरपालिका से भाजपा के रामस्वरूप भाटी विजयी हुए है इसी तरह सोजत से भाजपा की मंजू निकृम जीती है अध्यक्ष के निवार्चन के बाद कल उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा

इस बीच केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति को तेज करने को कहा है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे उन लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करे जो को विन डिजिटल प्लटेफॉर्म पर पहले से ही पंजीकृत हैं

इधर राहत की बात यह है कि प्रदेश में अब कोरोना का दायरा कम होने लगा है

यहां पिछले कई दिनों से नया संक्रमित व्यक्ति भी नहीं मिला है

प्रदेश के विभिन्न जिलों में पक्षियों की हो रही असामान्य मौतों का सिलसिला अब कम हो गया है

भारत और अमेरिका के बीच कल से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास शुरू होगा इसके लिए अमेरिकी सैनिकों का दल श्रीगंगानगर के सुरतगढ पहच गया है

संयुक्त अभ्यास का पिछला संस्करण सिऐटल संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था यह द्विपक्षीय युद्धअभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा

बुलंद दरवाजे पर झंड़ा चढ़ाने की रस्म के साथ ही यह उर्स शुरू हो जाएगा राज्य सरकार की ओर से कोरोना से बचाव के लिए जारी की गई नई गाइड लाइन के तहत उर्स में शामिल होने वाले जायरीन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा इसके लिए जिला प्रशासन ने एप और वेबसाइट लॉन्च की है प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर जारी है आज फिर माउन्ट आबू में पारा गिरकर जमाव बिन्दु पर पहुंच गया है